इस सम्मेलन में खासतौर से राज्य के हजारों किसानों को आमंत्रित किया गया है सभा में शामिल होने के लिए राज्य के विभिन्न अंचलों से कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रामीण किसान और अन्य लोग भोपाल पहुंचे हैं भोपाल में भारी भीड़ के मद्देनजर खासतौर से सभास्थल के आसपास यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है श्री गांधी की भोपाल यात्रा के मद्देनजर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गयी है

आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर श्री गांधी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है

सूत्रों के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृष्ण कुसमरिया राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं श्री कुसमरिया ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद दमोह और पथरिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था

इसके अंतर्गत युवाओं को हर महीने हजार रूपये स्टाइपेंड दिया जायेगा

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है इसका मकसद प्रदेश के युवाओं को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाना और व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण देना है

मौसम प्रदेश में आज छतरपुर रीवा सतना बालाघाट सिंगरौली उमरिया कटनी और अनूपपुर जिलों में बारिश से एक बार फिर ठंडक बढ़ गई है

वहीं उज्जैन इंदौर और भोपाल के संभागों में सामान्य से कम रहे

विभाग के अनुसार फिलहाल तीन से चार दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा

जिले के आदिवासी कलाकारों द्वारा कलाकृतियों की प्रदर्शनी इस मेले में की गई थी

सतना में संभागायुक्त अशोक भार्गव ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली